एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बडी संख्या है इसके साथ ही अब तक उन्नीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उन्यासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर तिहत्तर दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है कोविड मृत्य दर कम होकर एक दशमलव नौ दो प्रतिशत रह गई है तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं इसके साथ ही लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा एस एमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि खादी सिर्फ कपडा नहीं बल्कि एक विचार है इतना ही नहीं खादी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक है लेकिन आज यह गरीबी से मुक्ति का पर्याय बन गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से खादी वस्त्रों और स्वदेशी को अपनाने का आग्रह किया था उनकी अपील का लोगों पर अच्छा असर पड़ा और उन्होंने खादी तथा स्वदेशी को जिस तरह से अपनाया उससे बाजार में खादी की मांग में बढोतरी हई है मेरठ क्षेत्र तथा उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने खादी का कपडा बुनना शुरू कर दिया है और वे आत्मनिर्भर होकर बेहतर जीवन जी रहे हैं

सभितियों के द्वारा खादी या खदर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है

खादी इस्ट्रीटयूशन हमारी एक संस्था होती है जिसके माध्यम से हम तोग खादी की गतिविषयों को बढ़ाते हैं और उनको जो मी हमारी सरकारी सहायता है सरकारी गाइड ताइन्स है उनको हम लोग बताते हैं

क्योंकि यह महात्मा गांधी का एक अभियान शुरू किया हुआ था

यहां एक खादी कामगार रेखा कहती है कि इससे उन्हें उनके घर पर ही रोजगार मिला है हम यह वरखे से खादी का काम करते हैं और हमें यह रोजगार मिला हथा है हमारे जो पैसे हैं वो हमारे खाते में आते हैं और यह मां बहन और भी मेरे साथ ये काम करती हैं तो हमारा खर्चा चल जाता है निश्चित रूप से खादी अपना कर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्मर भारत के सपने को साकार करने में मददगार होंगे मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ तखनऊ से आकाशवाणी समाचार के लिए एमएस यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तटबंघों की लगातार निगरानी करते रहने के निर्देश दिए हैं वहीं बाढ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है उन्होंने बाढ प्रभावित क्षेत्रों के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों का कोविड नाइन्टीन के मदेनजर स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए हैं तीन सौ इक्कीस शरणार्थी शिविरों में लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं अंबेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरिया गोंडा गोरखपुर लखीमपुर खीरी क्शीनगर मऊ संतकबीरनगर और सीतापुर जनपद बाढ से प्रमावित हैं शारदा घाघरा सरय सहित कई नदिया विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के ऊपर वह रही हैं मऊ जिले में घाघरा नदी गौरीशंकर घाट पर शाम चार बजे खतरे के निशान से सत्तासी सेंटीमीटर ऊपर वह रही है नदी के तटवर्ती दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से वहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी है वही किसानों की बोई फसलें जलमग्न हो गयी है राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बाढ प्रभावित क्षेत्रों में सात सौ उन्यासी नावें लोगों के आने जाने के लिए लगाई गई हैं आज चंदौली के रामगढ के अघोर पीठ बाबा कीनाराम की जन्मस्थली में इस बार कोविड नाइन्टीन के चलते बाबा के महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया मुख्य द्वार पर पुलिस मौजूद रही पीठादीश्वर बाबा सिद्वार्थ गौतम ने लोगों से अपने घर में ही बाबा कीनाराम के अवतरण दिवस मनाने की अपील की है मठ के चुनिंदा पजारियों ने ही सिर्फ आज जन्म दिन पर विशेष पूजन अर्चन किया अघोराचार्य बाबा कीनाराम का आज से चार सौ इक्कीस वर्ष पूर्व भाद्र पक्ष की अघोरचतुर्दशी के दिन ही अवतरण हआ था